प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश को संबोधित किया

मोदी ने कहा कि अब लेह और जम्मू कश्मीर के लोगों के सपनों को पूरा करने की उनकी ज़िम्मेवारी है

उन्होंने कहा कि जब सती प्रथा खत्म हो सकती है और भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून बन सकता है तो तीन तलाक के खिलाफ भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है प्रधानमंत्री ने हर तीन लोकसभा क्षेत्र के बीच एक मैडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट जाकर राष्ट्र की ओर से उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए

इस अवसर पर राज्य ज़िला और उपमण्डल स्तरों पर स्वतंत्रता दिवस समारोहों का आयोजन किया गया राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित हुआ जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली

मुख्यमंत्री ने भविष्य में राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा महिलाओं के लिए निःशुल्क करवाने की घोषणा की

इसके अलावा जिला उपमंडल व विभागीय स्तर पर भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया जिसमें प्रदेश के मंत्रियों विधायकों जन प्रतिनिधियों और विभागाध्यक्षों ने तिरंगा फहराया इसके अलावा स्कूलों में भी स्वतंत्रता समारोह आयोजित किए गए उधर राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजभवन में ऐट होम का आयोजन भी किया पुण्यतिथि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि पर आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है इस मौके पर जहां भाजपा मुख्यालय में पुष्पाजंलि कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जिला कुल्लू के मनाली स्थित राम बाग में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा की आधारशिला रखेंगे